गया में करेंगे समीक्षा बैठक मौसम विभाग ने बाईस जून तक प्रदेश में मॉनसून पहुंचने की जतायी संभावना

प्रदेश के नये इलाके में इंसेफ्लाटिस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान ग्यारह बच्चों की मौत की खबर है कल भागलपुर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीमारी के संदिग्ध तीन बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गयी वही नवगछिया में भी एक बच्चे में बीमारी के लक्षण पाये गये हैं जिसका इलाज चल रहा है बेगूसराय और बेतिया में भी पांच पांच नये मामले सामने आये हैं इधर प्रदेश भर में इसेफ्लाटिस से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक सौ उनचास हो गयी है सबसे अधिक एक सौ चौदह बच्चों की मौत मुजफ्फरपुर में हुई है वैशाली में पन्द्रह पूर्वी चंपारण में दस बेगूसराय में छह और बांका में इंसेफ्लाटिस से एक बच्चे की मौत की खबर है इधर दिमागी ब्रखार से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की टीम मुजफ्फरपुर पहुंची गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पांच टीमें भेजी गयी हैं हर टीम में एक चिकित्सक नर्स और पारा मेडिकल स्टाफ शामिल हैं वहीं राज्य सरकार ने नौ वरिष्ठ चिकित्सकों को एसकेएमसीएच और तेरह डॉक्टर तथा पारा मेडिकल कर्मियों को मुजफ्फरपुर से संबद्ध कर दिया है इस बीच स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव कौशल किशोर ने बताया कि प्रभावित जिलों में पन्द्रह नये एम्बुलेंस भेजे गये हैं मुजफ्फरपुर में दस नवादा में चार और समस्तीपुर में एक एम्ब्रलेंस भेजा गया है उन्होंने बताया कि होमियोपैथी चिकित्सा सत्यापन इकाई पटना के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर केकेअविनाश को भी मुजफ्फरपुर भेजा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लू प्रभावित औरंगाबाद नवादा और गया जिले का हवाई सर्वेक्षण करेंगे बाद में मुख्यमंत्री गया स्थित अनुग्रहा नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लू प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं का जायजा लेंगे श्री कुमार का स्थानीय अधिकारियों और चिकित्सकों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करने का भी कार्यक्रम है इधर प्रदेश में लू से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक सौ बयालीस हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान बासठ लोगों की लू से मौत हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव कौशल किशोर ने बताया कि पांच सौ छिहत्तर लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है उन्होंने बताया कि कल लू लगने से गया में बत्तीस और औरंगाबाद में तेईस लोगों की मौत हो गयी इसके अलावा बेगूसराय में तीन नालंदा में एक और रोहतास में तीन लोगों की मौत की खबर है प्रदेश में बाईस जून तक मॉनसून के पहुंचने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून अभी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच चुका है प्रदेश में भी मॉनसून के अनुकूल स्थितियां बनने लगी हैं इक्कीस जून तक कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बूंदाबादी की संभावना है वहीं पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकतर हिस्सों में कल तक भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज भी पटना और गया के अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी की आशंका बनी हुई है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ हुई बैठक में यह फैसला किया गया बैठक के बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने बैठक के दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का समर्थन किया उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने इसे लागू किये जाने के मुद्दे पर अलग राय जाहिर की लेकिन इसका विरोध नहीं किया रक्षामंत्री ने कहा कि बैठक के लिए चालीस राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था जिसमें से इक्कीस दलों ने बैठक में भाग लिया और एआईएडीएमके सहित तीन राजनीतिक दलों ने अपने विचार भेजे कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी डीएमके तेलुगु देशम पार्टी और आम आदमी पार्टी ने बैठक में भाग नहीं लिया उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बैंकों से मछलीपालन डेयरी और पॉल्ट्रीफार्म संचालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं पटना में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक में श्री मोदी ने बैंक अधिकारियों से ऋण वितरण में उदारता बरतने की अपील की उन्होंने बैंकों से ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम और बैंकिंग आउट लेट की संख्या बढ़ाने को भी कहा श्री मोदी ने कहा कि बैंकों को ऑनलाइन ऋण देने की सुविधा विकसित करनी चाहिए प्रदेश में राज्यसभा के लिए खाली हुई एक सीट के लिए हो रहे उपच्रनाव में लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान कल एनडीए की ओर से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पश्पति कुमार पारस ने यह जानकारी दी राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सलाम का नई दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया उनके निधन पर राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना जतायी है हाजीपुर पटना के बीच गांधी सेतु के समानांतर बने पीपा पुल पर कल से गाड़ियों का परिचालन बंद हो जायेगा पुल निर्माण निगम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कच्ची दरगाह राघोपुर पुल पर भी कल से ही वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी आज के सभी समाचार पत्रों ने इंसेफ्लाइटिस से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है चमकी बुखार ने नये इलाकों में पैर पसारे ग्यारह और मौतें प्रभात खबर लिखता है बच्चों की मौतों की सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई दैनिक जागरण की सुर्खी है एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनेगा पैनल दैनिक भास्कर लिखता है किसान पेंशन के लिए पीएम सम्मान निधि से कटेगा प्रीमियम राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है सर्वसम्मति से लोकसभा के अध्यक्ष बने ओम बिड़ला आज की सुर्खी है भारतीय टीम को झटका धवन विश्व कप से बाहर और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश के नये इलाकों में इंसेफ्लाटिस का प्रकोप बढ़ा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रदेश के लू प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण

मौसम विभाग ने बाईस जून तक प्रदेश में मॉनसून पहुंचने की जतायी संभावना